केन्द्र सरकार ने बैंकिंग सेवा से वंचित लोगों के लिए भारतीय डाक पेमेंट बैंक की भुगतान प्रणाली शुरू की केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा पिछले सौ दिनों के दौरान एनडीए सरकार ने देश के समावेशी विकास राष्ट्रीय सुरक्षा और आम नागरिकों के कल्याण हेतु लिये हैं कई ऐतिहासिक फ़ैसले दसवीं मोहर्रम आज प्रदेश भर में सुरक्षा के किए गये हैं कड़े प्रबंध भारत ने दो हजार तीस तक दो करोड़ साठ लाख हेक्टयर बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल ग्रेटर नोएडा में मरूस्थलीकरण रोकने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों के चौदहवें सम्मेलन सी ओ पी चौदह को सम्बोधित करते हए यह जानकारी दी प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के दो तिहाई से ज्यादा देश मरूस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित हैं उन्होंने कहा कि बंजर भूमि के साथ साथ हमें पानी की कमी की समस्या पर भी ध्यान देना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र भूमि और जल नीति के अन्तर्गत जल आपूर्ति बढ़ाना और जमीन में नमी को रोके रखना जैसे उपाय शामिल हैं अपने सम्बोधन में श्री मोदी ने प्रस्ताव रखा कि जलवायू परिवर्तन जैव विविधता और भूमि का बंजर होना जैसी समस्याओं से निपटने के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग को और बढ़ाने की पहल की जाये उन्होंने संधि में शामिल देशों के नेताओं से वैश्विक जल कार्रवाई एजेंडा बनाने का आग्रह किया ताकि जमीन को बंजर होने से रोका जा सके श्री मोदी ने कहा कि उपग्रह और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के जरिये जमीन को फिर खेती योग्य बनाने के कम लागत वाले कार्यक्रमों में भारत मित्र देशों की सहायता करेगा प्रधानमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने का अपना अनुरोध दोहराते हुए कहा कि प्लास्टिक स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव तो डालता ही है साथ ही जमीन को भी खेती र्के लायक नहीं रहने देता प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हर बूंद से अधिक उत्पादन जैसे प्रयासों की भी चर्चा की और कहा कि देश बिना खर्च वाली प्राकृ तिक खेती अपनाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है सम्मेलन को संबेधित करते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मरूस्थलीकरण से निपटने के लिए राष्ट्रीय प्रयास जरूरी हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्थायी विकास के प्रति संकल्प दृढ़ है उन्होंने कहा कि भारत पेरिस शिखर सम्मेलन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है और देश में हरित क्षेत्र में पांच वर्ष के दौरान बहुत वृद्वि हुई है भारत में हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि पिछले सप्ताह भर सी ओ पी चौदह सम्मेलन में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने पर चर्चा बह्त सार्थक रही नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली घोषणा आज जारी किया जाएगा जिसमें विभिन्न देशों द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख होगा सी ओ पी चौदह सम्मेलन इस महीने की दो तारीख से ग्रेटर नोएडा में चल रहा है इसका आयोजन उन्नीस सौ बान्नवे के रिओ सम्मेलन में व्यक्त चिन्ताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्वता को दर्शाता है सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस के प्रघानमंत्री डॉक्टर रॉल्फ गोंजाल्वेज ने पर्यावरण के क्षेत्र में भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों की सराहना की संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद ने दो हजार तीस तक बंजर जमीन को खेती योग्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया मरूस्थलीकरण रोकने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संधि सी ओ पी चौदह के कार्यकारी सचिव इब्राहिम थिआव ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि समी देश असमानता और असुरक्षा की भावना छोड़कर सहयोग करें तो जीवन के लिए भूमि का स्थायी विकास लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है केन्द्र सरकार ने कल भारतीय डाक भुगतान बैंक के जरिये आधार से जुड़ी भुगतान प्रणाली सेवा की शुरूआत की संचार इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस कदम से बैंकिंग सेवा से वचित और अप्रयाप्त बैंकिंग सेवा वाले इलाकों के लाखों लोगों तक वित्तीय सेवा की पहुंच सुनिश्चित करने में केन्द्र के प्रयास को बहुत मदद मिलेगी वे नई दिल्ली में भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस दौरान कई ऐतिहासिक निर्णय लिये गये हैं सरकार के इन फैसलों और उपलक्षियों के बारे में जानकारी देने के लिए देश के विभिन्न शहरों में कई केन्द्रीय मंत्रियों ने मीडिया से बातचीत की अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अबास नक़वी ने कल प्रयागराज में प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले सौ दिनों के दौरान केन्द्र सरकार ने देश के समावेशी विकास के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और आम नागरिकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण फ़्सले लिये हैं उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के प्रति गंभीर है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है इसके अलावा उसने देश भर में सौ लाख करोड़ रूपये के बुनियादी ढांचे को विकसित करने का निर्णय भी लिया है श्री नक्वी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार देश के हर एक नागरिक को सुखी और खुशहाल बनाना चाहती है उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा तथा इनसे प्रभावी ढंग से निटपने के लिए सख्त और प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं श्री नकवी ने कहा कि आर्थिक मंदी से देश पर कोई असर नहीं पड़ेगा आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस और करपशन पर भी जीरो टॉलरेंस तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था एक सुरक्षित हाथों में है मज़बूत हाथों में है ईमानदार हाथों में है

निश्चित तौर से भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उस पर असर क्षणिक तौर से पड़ा है लेकिन जल्द ही यह जो मंदी का माहौल है ठीक होगा और देश में इस मंदी की वजह से देश किसी भी तरह की कोई किल्लत आम लोगों को न हो इसके लिए सरकार कृतसंकल्प है श्री नकवी ने कहा कि देश के सभी वर्गो का कल्याण एनडीए सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की अवधारणा पर काम कर रही एनडीए सरकार में देश के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को मुद्रा योजना और उज्जवला योजना सहित अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की पार्टी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें सदस्यता ग्रहण करायी इस अवसर पर सदस्यता अभियान के प्रमुख जेपीएस रावैर राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ल सांसद राजवीर सिंह सहित कई मंत्री और वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद थे इससे पहले श्री सिंह राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे थे इस माह के शुरू में ही उनका कार्यकाल पूरा हुआ है मोहर्रम की दसवीं तारीख पर आज प्रदेश भर में ताजिए सुपर्द ए खाक किए जायेंगे इस मौके पर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गये है कल मोहर्रम के नौवें दिन विभिन्न स्थानों पर इमामबाड़ो में देर रात तक मजलिसो के आयोजन किए गये इन मजलिसों में हजरत इमाम हुसैन के बारे में जानकारी दी गयी देर शाम प्रदेश के विभिन्न शहरो नगरो और कस्बों में ताजिया जुलूस निकाले गये लोगों ने जगह जगह इन जुलूसो का स्वागत किया लखनऊ में रात को शब ए आशूर अलम का जुलूस निकाला गया सांसद मेनका गांधी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के निजाम पट्टी गांव में सखी वन स्टॉप केन्द्र की आधारशिला रखी

श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि हिंसा और उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को यहां हर प्रकार की मदद मुहैया करायी जायेगी

इस केन्द्र के निर्माण के लिये छः माह की अवधि निर्धारित की गयी है कन्नौज में सुगन्ध और सुरस विकास केन्द्र के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी ईको फ्रेंडली भट्ठी बनायी है जिससे न सिर्फ पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद मिलेगी बल्कि लगभग पचास प्रतिशत ईंघन की बचत भी होगी इस ईको फ्रेंडली भट्ठी का सबसे ज़्यादा फायदा ज़िले के परम्परागत इत्र कारोबार को मिलेगा कन्नौज में आज भी इत्र प्राचीन पद्वति से तैयार किया जाता है